वे आज नई दिल्ली में भारत के रियल एस्टेट विकासकर्ता संघों के परिसंघ क्रेडई के तीसरे युवा सम्मेलन यूथकॉन और युवा उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि रेरा और जीएसटी जैसे उपायों से रियल एस्टेट क्षेत्र फिर से उबरने के संकेत दे रहा है श्री नायड् ने कहाकि रियल एस्टेट देश के सकल घरेलू उत्पाद में सात दशमलव नौ प्रतिशत का योगदान करता है कृषि के बाद यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नजफ के लिए एयर इंडिया का विमान दिल्ली से होकर जाएगा लखनऊ से नजफ तक की लगभग साढ़े पांच घंटेकी उड़ान लखनऊ से सोमवार और गुरूवार को चलेगी इस अवसर पर राजनाथ सिंह ने कहा कि उड़ानसे यात्रियों को सुविधा के साथ ही दोनों देशों में शिक्षा पर्यटन उद्योग में वुद्धिहोगी पहली फ्लाइट आपकी लखनऊ से प्रारंभ हो रहीहै इराक के साथ भारत का कैसा रिश्ता है ये बताने की जरूरत नहीं है हमारे बेहद अच्छेरिश्ते हैं और इस रिश्ते को हम बराबर बनाकर आगे भी रखना चाहते हैं इस उड़ान की मांग लंबे समय से शिया मुसलमानोंद्वारा की जा रही थी एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि उड़ान योजना से देश में उडड्यन क्षेत्र के प्रसार में व्यापक सफलता मिली है आकाशवाणी से विशेष भेंट में जयंत सिन्हा ने कहा कि उड़ान द्वनियाभर में अपनी किस्म की नायाब योजना है राज्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर भीड़ भाड़ कम करने के लिए हिंडन हवाई अड्डा क्षेत्रीय सेवाओं के लिए शीघ्र चालू कर दिया जाएगा

उत्तराखण्ड में छत्तीस लोगों की मौत हई है कल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चन्द खुलबे की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में दस दिन के भीतर जवाब दे याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांगकी गई है हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किये जाने और उसके खिलाफ एफआईआरदर्ज किये जाने की भी अपील की गई है

देष भर में ऐसे तीन सौ तेईस पासपोर्ट ऑफिस स्थापित किये जा चुके हैं केन्द्रीय मंत्री आज बस्ती में संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि बीएसएनएल को बन्द करने की अफवाह तेजी से फैलाई जा रही है जो कि पूरी तरह गलत है बीएसएनएल को आर्थिक रूप से सम्पन्न बना कर उसे अत्याधुनिक किया जायेगा

सम्मेलन का आयोजन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार ने किया है आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक इरा जोशीने कहा कि आकाशवाणी समाचार लोगों को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठा रहा है सम्मेलन में समाचार सेवा प्रभाग की ओर से दो हैंडबुक का भी विमोचन किया गया सम्मेलन में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के अधिकारी और संवाददाता भाग ले रहे हैं

रायबरेली के बछरावा में एक कार के ट्रक से टकरा जार्ने के कारण हुयी दुर्घटना में कार में सवार पांच लोगों की मौत हो गयी पुलिस सूत्रों ने बताया कि लखनऊ प्रयागराज राश्ट्रीय राजमार्ग पर यह दुर्घटना तब हुयी जब कार में सवार लोग विवाह समारोह से लौट रहे थे मरने वाले सभी लोग प्रयागराज के निवासी थे उधर गोण्डा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के महेषपुर गांव में मकान का छज्जा गिरने से एक बालक सहित दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य लोग घायल हो गये घायलों का इलाज कराया जा रहा है